अटल पुण्यतिथि आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई की दूसरी पुण्यतिथि है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा और केन्द्रीय मंत्रियों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल पर सदैव अटल जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की सीएम श्रद्धांजलि मध्यप्रदेश के उत्तरी अंचल में विकसित होने वाले चंबल प्रोग्रेस वे का नाम अटल बिहारी वाजपेई चंबल प्रोग्रेस वे होगा इसके अलावा राजधानी भोपाल में एक भव्य और दिव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्दांजलि कार्यक्रम में की

इस दिन प्रतिवर्ष सुशासन से संबंधित कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों की रूपरेखा निर्धारित कर आदरांजलि दी जाएगी

उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने ट्वीट के जरिए कहा कि भारत रत्न ओजस्वी वक्ता श्री वाजपेई की द्वितीय पुण्यतिथि पर शत शत् नमन कमल नाथ ने कहा कि अटल जी की उदारवादी सोच सिद्दान्तों व मूल्यों पर आधारित राजनीति स्पष्टवादिता ने उन्हें सभी दलों में लोकप्रिय बनाए रखा राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के जरिए श्री वाजपेई को श्रद्धांजलि दी राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि चंबल प्रोग्रेस वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर करने की घोषणा कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनभावना का सम्मान किया है

इस दौरान नगर निगम क्षेत्र के सभी जोनों में विशेष साफ सफाई की शपथ ली गई

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीरांगना अवन्तिबाई को नमन किया वहीं नरसिंहपुर और दमोह में अवन्ति बाई जयंती समारोह आयोजित किये गए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

सड़क दुर्घटना सीहोर जिले के जावर थाना क्षेत्र में इंदौर भोपाल राजमार्ग पर आज सुबह मजदूरों से भरी एक जीप सड़क पर खड़ी एक बस से टकरा गई

घायलों को उपचार के लिये जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है एक अन्य जानकारी में ग्वालियर पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में जलालपुर अंडरब्रीज के पास एक मोटर साइकिल के अनियंत्रित होकर खंबे से टकरा जाने से दो युवकों की मौत हो गई

प्रधानमंत्री मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई मंत्रियों और खिलाड़ियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है